प्रदेश में प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन का सिलसिला जारी लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है विशेष मालगाड़ियां

देश के पहले प्रधानमंत्री पंड़ित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया गया

आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा से यहां के उद्यमियों को आम पापड़ को वैश्विक पहचान दिलाने का मौका मिला है

इस बीच झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के झालरापाटन में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पुष्टि के बाद आला अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया है

उदयपुर शहर में प्रलिस प्रशासन की ओर से बनाया गया हैलो मम्मी वाट्सऐप ग्रप गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्ती भूमिका निभा रहा है

वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में कोरोना को लेकर योजनाबद्व तरीके से काम कर रही है

उन्होंने कहा कि सरकार की सतर्कता के चलते ही केन्द्र सरकार ने भी जयपुर को कोरोना की रोकथाम में रोल मॉडल माना है डॉ शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में संक्रमितों का ग्राफ कम होगा उन्होंने कहा कि सरकार ने बाहर से आने वालों को संस्थागत और होम क्वारेंटीन सुविधाएं दी है

प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की दर भी कई राज्यों से बेहतर है

आज शाम पांच बजे बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन से बिहार के मध्बनी के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ी रवाना हई प्रशासन की ओर से इस गाड़ी में जाने वाले लगभग डेढ हजार लोगों को भोजन के पैकेट मुहैया कराए गए

उदयपुर से आज जम्मूकश्मीर और उड़ीसा के प्रवासियों को रोड़वेज की बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है हवाई जहाज के माध्यम से भी प्रवासियों का आनाजाना चल रहा है

गुजरात के पालनपुर और असम के जोरहाट के बीच कल से पार्सल विषेष गाड़ी चला रहा है जो राज्य में है

हालांकि मौसम विभाग ने कल के बाद लू से थोड़ी राहत की संभावना व्यक्त की है

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट कर नेहरूजी को श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित नेहरू को नमन करते हए अपने संदेश में कहा कि भारत के सुदृढ लोकतंत्र के शिल्पकार सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के निर्माता सामाजिक न्याय और समानता के पूरोधा पंडित नेहरू का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है

आज कांग्रेस के विभिन्न संगठनों की ओर से पंड़ित नेहरू को श्रद्वांजलि दी गई सवाई माधोपुर भरतपुर झालावाड़ और टोंक सहित कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्वांजलि कार्यक्रम हुए

गृह मंत्रालय ने कहा है कि एक निजी समाचार चैनल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आगामी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बारे में घोषणा किये जाने की बात पूरी तरह गलत है मंत्रालय ने कहा कि चैनल ने गृह मंत्रालय के अंदरूनी स्रोतों से यह जानकारी हासिल करने का दावा किया है लेकिन यह रिपोर्टर की महज अटकल है

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है